आज वर्च्अल माध्यम से पश्चिम बंगाल में विश्वभारती के दीक्षांत समारोह में श्री मोदी ने विद्यार्थियों से विविधता में एकता की भावना को बनाए रखने का आहवान किया यह केवल विश्वविदयालय नहीं बल्कि जीवंत परंपरा का अंग है श्री मोदी ने कहा कि विश्व भारती असीम जान और कौशल का भंडार तो है ही बल्कि यह ज्ञान फल फूल भी रहा है उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए विश्वभारती के प्रयासों की सराहना की इस अवसर पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल और विश्वभारती के रेक्टर जगदीप धनखड और केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखिरियाल निशंक भी इस अवसर पर मौजूद थे

यह देश का प्राचीनतम केंद्रीय विश्वविद्यालय है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के प्रतिभा के आधार पर पारदर्शिता से सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए ए पी एस एस बी का गठन सबसे बड़ा सुधार है श्री खाण्ड्र ने कहा कि बोर्ड दवारा आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में बैठक वाले उम्मीदवारों को बिना आई टी आई दाखिल किए हए प्री जानकारी दी जाती है म्ख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश सरकार के ग्र्प सी या सबार्डिनेट सर्विस में रिक्त पदों पर भर्ती परीक्षा का वार्षिक कैलेंडर जारी करने को कहा म्ख्यमंत्री ने बोर्ड से प्रत्येक महीने एक भर्ती परीक्षा आयोजित करने का आग्रह किया म्ख्यमंत्री ने बोर्ड को पर्याप्त संख्या में कर्मियों और स्विधाएं प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया

श्री सोना ने कहा कि सभी विधानसभा सदस्यों को बजट सत्र में अपनी बात रखने का पूरा मौका मिले इसे ध्यान में रखते हुए सत्र को लंबा रखा गया है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा विभाग को प्राइमरी लेवल की प्स्तकों में राज्य से जुड़े इस महत्वपूर्ण अध्याय को शामिल करने का निर्देश दिया गया है

स्थानीय संगठनों का कहना है कि इस मामले में अभी तक अधिसूचना जारी नहीं होने से इस क्षेत्र के लोगों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है रामले बांगो आदी पीप्ल्स फोरम के अध्यक्ष तामत गामोह ने देपी देपी मोली और देताक को ईस्ट सियांग जिले में शामिल कर जल्द ही कोरांग सर्कल पर निर्नय करने का प्रशासन से अन्रोध किया है

अरुणाचल प्रदेश स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के सहयोग से आयोजित फ्री लीगल काउंसिलिंग में ए पी एस एल एस ए की कानूनी सलाहकार राकन् कोन्या ने विवाहित जोड़ो को जरुरी परामर्श दिया

इस तीन दिवसीय प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में राष्ट्र्य के खेल और य्वा मामलों के सचिव अनिरुद्ध सिंह अरुणाचल स्टेट बैडमिंटन संघ के मानद सचिव बामंग तागो सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे इस प्रतियोगिता में राज्यभर के दो सौ तेरह खिलाड़ी हिस्सा ले रहे है बैडमिंटन प्रतियोगिता में विभिन्न कटेगरी में एक सौ नवासी मैच खेले जायेंगे